इनमें दुर्ग जिले से आठ कबीरधाम जिले से छह और राजधानी रायपुर से एक मरीज मिला है दुर्ग और कवर्धा से मिले सभी कोरोना पॉजीटिव मरीज दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करने गए थे और वहां से लौटने के बाद क्वारेंटाइन थे वहीं रायपुर में आज शाम मिले कोरोना पॉजीटिव व्यक्ति में इसकी पुष्टि आरटी पीसीआर टेस्ट से हुई है इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक मिले कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर अंठावन हो गई है इनमें से छत्तीस मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जबकि बाईस मरीजों का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा है कवर्धा में जो छह मजदूर पॉजीटिव पाए गए हैं वे महाराष्ट्र से आए हुए थे इनमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं ये लोग समनापुर और रेंगाखार राहत शिविर में क्वारेंटाइन थे इस शिविर में रूके अन्य मजदूरों की भी जांच की जाएगी वहीं दुर्ग जिले में जो आठ नए मरीज पाए गए हैं ये भी महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल से लौटे थे दुर्ग जिले में ये आठ कोरोना पॉजीटिव मिलने के बाद इन मरीजों के आवासीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया है जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि इन मरीजों के परिजनों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा

केन्द्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी दो सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सात सौ जिलों को रेड ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है

स्कूल और शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यो की अनुमति जारी रहेगी ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों जिनमें मनरेगा कार्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईट भट्टे शामिल है सुचारु रूप से कार्य कर सकेंगे इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है

सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है बाजार परिसर और कंटेन्मेंट जोन के अतिरिक्त रिथित मदिरा और पान की दुकाने भी खोली जा सकेंगी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लीनिक भी अब खोले जा सकेंगे कुल मिलाकर लॉकडाउन गया तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है कोरोना रेल यात्रा किराया छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के मजदूरों को यदि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लाया जाता है तो उनके रेल किराया को राज्य सरकार वहन करेगी राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से श्रमिकों को लाने के लिए यह विशेष ट्रेन संचालित करने के लिए रेल अधिकारियों से अनुरोध किया है इस संबंध में राज्य के परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने रायपुर के डिवीजनल रेलवे मैनेजर श्याम सुंदर गुप्ता को पत्र लिखा है इस बीच केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों पर्यटकों विद्यार्थियों और अन्य लोगों के आवागमन की अनुमति केवल फंसे हुए लोगों पर ही लागू होगी जो पूर्णबंदी से ठीक पहले अपने घरों या कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए थे लेकिन प्रतिबंधों के कारण वहां नहीं पहुंच सके सरकार ने कहा है कि पूर्णबंदी के दौरान आवागमन की अनुमति केवल संकटग्रस्त लोगों के लिए है उन लोगों के लिए नहीं है जो अपने गृह स्थान से अलग कहीं और रोजगार के लिए सामान्य रूप से रह रहे हैं और आम दिनों की तरह अपने गृह नगर जाना चाहते हैं राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने फंसे हुए लोगों के आवागमन को सुगम बनाने का अनुरोध किया है कोरोना मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने के लोगों से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी किसी भी तरह से न छुपाए साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी क्वारेंटाइन नियम का पालन करें तभी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयास सफल हो सकेंगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित चौदह नए मामले सामने आए हैं

इन लोगो के क्वारेंटाइन सेंटर में रुके होने के कारण इनके स्वास्थ्य की जांच हो सकी और उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया जा सका है कोरोना आवागमन अनुमति लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से खुद के साधन के जरिये लोगों के आवागमन की अनुमति के बारे में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने निर्देश जारी किए हैं इसके अनुसार देश के अन्य हॉट स्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने वाले व्यक्तियों को अमान्य कारणों और गतिविधियों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों में सीमावर्ती जिलों के जिला दंडाधिकारी से अनुमति और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर गंतव्य स्थान के जिला दंडाधिकारी को सूचित करेंगे गंतव्य स्थान के जिला दंडाधिकारी द्वारा ऐसे मामले में जिले में प्रवेश देते समय केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण होम क्वारेंटाइन और आईसोलेशन सेंटर में रहने संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा जिस स्थान पर ऐसे लोगों को क्वारेंटाइन और आईसोलेट किया जा रहा है वहां निर्धारित स्टीकर भी लगाया जाएगा वहीं छत्तीसगढ़ से अन्य राज्य में स्वयं के साधन से एक तरफ की यात्रा पर जाने के लिए आवेदक के निवास स्थान के जिला दंडाधिकारी द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देशों तथा एसओपी के अनुसार ही अनुमति जारी की जा सकेगी मृत्यु मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आपातकालीन ऐसे मामलों में जिनमें स्वयं के साधन से आने और जाने दोनों तरफ की अनुमति की आवश्यकता हो ऐसे प्रकरणों में गृह विभाग की अनुमति जरूरी होगी कोरोना ट्रक आवाजाही वहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों के मालवाहक ट्रकों को रात ग्यारह बजे से सुबह पांच बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी इस दौरान किसी भी ट्रक को एक स्थान पर रूकने नहीं दिया जाएगा अन्य राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय पास को जब तक छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता नहीं दी जाती तब तक ट्रकों को छत्तीसगढ़ में आने नहीं दिया जाएगा यह निर्देश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुव्रत साहू ने सभी कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और परिवहन अधिकारियों को दिए हैं श्री साहू ने कहा कि कवर्घा राजनांदगांव और गौरेला पेन्ड्रा मरवाही के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शहर के बाहर रोड किनारे कम से कम पचास साठ एकड़ क्षेत्र में होल्डिंग एरिया बनाया जाए जहां बाहर से आने वाले ट्रकों को रोक कर ड्राईवर और हेल्पर की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए पुलिसकर्मी नाश्ता भोजन दर राज्य सरकार के गृह विभाग ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के नाश्ता और भोजन के लिए दिए जाने वाले भत्ते में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की है इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग को निर्देश दिए थे नई दरों के अनुसार अब पुलिसकर्मियों को नाश्ते के लिए पंद्रह रूपये की जगह बीस रूपये दिन के भोजन के लिए तीस रूपये के स्थान पर पचास रूपये और रात्रि के भोजन के लिए तीस रूपये के स्थान पर सत्तर रूपये दिए जाएंगे

लेकिन हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित कोरबा जिले के कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र और सूरजपुर जिले में जजावल जोन क्षेत्र स्थित शासकीय कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों में कामकाज बंद रखा गया है राजस्व और आपदा प्रबंधन विभागे द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी कार्यालयों में कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है आदेश में कहा गया है कि राजस्व न्यायालय में प्रतिदिन सीमित मामलों की सुनवाई की जाए नये आवेदनों को प्राप्त करने के लिए और राजस्व न्यायालय से संबंधित अन्य कार्यो के लिए एकल खिडकी प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है वहीं राज्य के पंजीयन कार्यालयों में भी आज से रजिस्ट्री का कार्य शुरू हो गया है वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग के आदेश के मुताबिक रेड जोन और हॉट स्पॉट क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पंजीयन कार्यालय दस्तावेज पंजीयन के लिए खुले रहेंगे

राज्य सरकार ने सत्रह मई तक प्रदेश में यात्री बस सिटी बस टैक्सी ऑटो और ई रिक्शा के संचालन को बंद रखने का आदेश जारी किया है विशेष और आपातकालीन स्थिति में राज्य के भीतर और बाहर आवागमन के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति लेनी होगी इस संबंध में राज्य के परिवहन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना जिला कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन द्वारा लगातार एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाओं ने लॉकडाउन के दौरान सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है इन महिलाओं ने अपने मेहनत और लगन से दो लाख पैंतालीस हजार से अधिक मास्क बनाए हैं साथ ही बिहान की सौ से अधिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सखी की भूमिका भी बखूबी निभा रही है बीते पच्चीस मार्च से दो मई तक इन महिलाओं ने बैंक ग्राहकों के साथ छह करोड़ रूपये से अधिक का लेनदेन किया जिला कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि बिहान की महिलाएं अन्य कार्यो के जरिये भी आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं वहीं अंबिकापुर भाजपा पार्षद दल द्वारा जिले में साढ़े तीन लाख से अधिक मास्क का वितरण किया जाएगा इस अभियान का आज भाजपा कार्यालय से औपचारिक शुभारंभ किया गया इधर कोंडागांव जिले के साढ़े छह हजार से अधिक दिहाड़ी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं इनमें से चार हजार से ज्यादा मजदूर जिला प्रशासन के संपर्क में हैं कोंडागांव जिला प्रशासन के अनुसार जल्द ही इन मजदूरों को वापस लाया जाएगा और उन्हें उनके गृहग्राम तक पहुंचा दिया जाएगा उधर जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ जनपद क्षेत्र स्थित केसला गांव के सभी घरों को सेनिटाईज किया जा रहा है ग्राम पंचायत की पहल पर ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क भी पहन रहे हैं वहीं महासमुंद जिले में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान दुकान खुलने के लिए अलग अलग दिन और समय तय किया गया है जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने बताया कि आवश्यक सेवाओं की दुकानें सुबह नौ से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी शेष दुकानों को सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने का आआदेश दिया गया है दुर्ग दिव्यांगजन ऑनलाइन पढ़ाई लॉकडाउन के दौरान स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार ने पढ़ई तुंहर दुआर नाम से एक पोर्टल बनाया है इसी से प्रेरणा लेकर दुर्ग जिले के सुपेला में स्थित प्रयास श्रवण विकलांग संस्थान ने भी दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय लिया इस संस्थान के प्राचार्य राजेश पांडेय ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है लेकिन इसके लिए दस शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया और अब इस संस्थान के एक सौ बीस बच्चों को हर रोज दो घंटे ये शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाते हैं संस्थान के इस प्रयास में जहां शिक्षक अपना पूरा योगदान दे रहे हैं वहीं छात्र छात्राएं भी इस ऑनलाइन पढ़ाई में काफी रूचि दिखा रहे हैं

प्रशासन द्वारा इन दुकानों पर भीड़ के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश की गई इस बीच इन दुकानों में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शराब की होम डिलिवरी की अनुमति भी प्रदान की गई है वर्तमान में यह व्यवस्था ग्रीन जोन में शुरू की गई है इस बीच राजनांदगांव जिले में शराब दुकानों के संचालन का समय कम कर दिया गया है अब जिले में सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक ही द्वकानें खुली रहेंगी वहीं जांजगीर में महिलाओं ने शराब दुकानों को खोलने का विरोध किया अकलतरा के कापन गांव में महिलाओं ने गांव में शराब दुकान को बंद करने और इसे हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया मौसम राज्य में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव आया है आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हई

इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली इसी तरह कोरिया जिले के बैकुंठपुर और आसपास के कई गावों में बारिश हुई तथा ओले भी गिरे वहीं सरगुजा जिले में अंबिकापुर सहित कई अन्य जगहों पर भी आज दोपहर बाद तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं

आयोग बीस मई को परीक्षा की नई तिथि की घोषणा करेगा इससे पहले सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा इकतीस मई को आयोजित की जानी थी

हस दुर्घटना में बाइक पर सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई

जबकि कुएं में उतरे तीन अन्य लोग किसी तरह बच गए